कहा चालान काटने को लक्ष्य न बनाए पुलिस विश्व खाद्य दिवस पर खाद्य सुरक्षा भित्र योजना का शुभारंभ

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुनवाई पूरी करते हुए कल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने अंतिम जिरह की इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय सुनाया इससे पहले हिन्दू पक्ष की ओर से श्री सी एस वैद्यनाथन रंजीत कुमार और सुशील जैन ने दलीलें पेश कीं उच्चतम न्यायालय में अयोध्या मामले की सुनवाई चालीस दिन चली जो न्यायिक इतिहास में दूसरी सबसे लंबी सुनवाई है सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फॅ बोर्ड द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस लेने की कोई चर्चा नहीं हुई प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोवड़े डी वाई चंद्रचूड़ अशोक भूषण और एसए नजीर शामिल हैं प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दोनों पक्षों को तीन दिन का समय और दिया है जिससे वे अपनी याचिका में की गई मांग में कुछ बदलाव कर सकेंगे

अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार गुरूद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने वाले यात्रियों का पंजीकरण इस महीने की बीस तारीख से शुरू होने की उम्मीद है गृह मंत्रालय में अपर सचिव गोविंद मोहन ने कल पंजाब में डेरा बाबा नानक साहिब में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा प्रत्येक यात्री पर बीस डॉलर शुल्क लगाने के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही है उन्होंने कहा कि सीमा पार जाकर दरबार साहिब का दर्शन करने वाले यात्रियों को पासपोर्ट की आवश्यकता होगी और प्रतिदिन पांच हजार यात्री पवित्र स्थल का दर्शन कर सकेंगे दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति हुई है कि श्रद्धालुओं के लिए पासपोर्ट एक आवर्जन और पहचान दस्तावेज के रूप में जरूरी है वीजा की कोई जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले महीने की आठ तारीख को करतारपूर गलियारे का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन करके ही सड़क द्र्घटनाओं को रोका जा सकता है क्योंकि अधिकतर हादसों का कारण असावधानी और मानवीय भूल होती है

राज्य में चौदह अक्तूबर से बीस अक्तूबर तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि नियंत्रित गति हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग चालक के नियमित चेकअप जैसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर जनधन की बड़ी हानि को रोका जा सकता है श्री योगी ने कहा कि प्रलिस चालान काटने को लक्ष्य न बनाए बल्कि उनकी जिम्मेदारी वाहन चालकों को जागरूक करने की है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है सड़क यातायात के नियमों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सड़क दुर्घटना होने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को गोल्डेन आवर में अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराये पैरा मेडिकल स्टाफ को ट्रॉमा का विशे ा प्रशिक्षण दिया जाये दिल्ली की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से आई एन एक्स भीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी विदम्बरम को आज अदालत में हाजिर करने का वॉरंट जारी किया है प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि सीबीआई के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद चिदम्बरम से उसने पूछताछ की है और उनका बयान भी रिकार्ड किया है चिदम्बरम को कल प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया अदालत ने जेल अधिकारियों को आज दोपहर बाद तीन बजे चिदम्बरम को पेश करने का निर्देश दिया विश्व खाद्य दिवस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कल खाद्य सुरक्षा मित्र योजना शुरू की नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि सही नीति और कार्यान्वयन की दिशा में ईट राइट इंडिया और फिट इंडिया अभियान सफल साबित होगें डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुनः इस्तेमाल होने वाले और पर्यावरण के अनुकूल ई राइट झोला की भी शुरूआत की इस अवसर पर मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रहाण्यम ने लोगों से अन्न बर्बाद करने की बजाय गरीबों और भूखे लोगों को देने का आह्वान किया भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा भित्र योजना जमीनी स्तर पर व्यक्तिगत तौर से लोगों को प्रेरित करने के लिए लागू की है

श्री योगी कल बहराइच की बलहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे

श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार ने गुंडे और माफियाओं को जेल भेजने का काम किया जिससे अपराध की घटनाओं पर अंकृश लगा है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी मुख्यमंत्री ने मऊ जनपद के घोसी विधानसभा के उपचुनाव में कल एक अन्य रैली में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं लेकर आयी हैं श्री योगी ने किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री आवास योजना गांवों में शौचालयों का निर्माण और आयुष्मान भारत योजना का विशे ा रूप से जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर कल देर रात वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस समागार में अधिकारियों के साथ जिले में संचालित प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

श्री योगी ने लोक निर्माण विभाग को तीस अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड़ढामुक्त करने का निर्देश भी दिया श्री योगी ने साथ ही छठ पूजा से पहले घाटो की साफ सफाई करने के भी निर्देश दिए केन्द्रीय सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में लोगों को प्रशिक्षित करना और रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है कल नई दिल्ली में प्रशिक्ष पखवाडा कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कौशल क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सुक्ष्म लघू और मध्यम उद्यम क्षेत्र में विकास के काफी अवसर हैं पन्द्रह दिन तक चलने वाले प्रशिक्षू पखवाड़े में राज्य सरकारे और औद्योगिक क्षेत्र ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सात लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है प्रदेश सरकार ने आगामी त्यौहारों के मददेनजर अधिकारियों की छट्टियों पर तीस नवम्बर तक रोक लगा दी है अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल द्वारा जारी आदेश के अनुसार फील्ड में तैनात किसी भी अधिकारी को अत्यधिक अपरिहार्य स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से अपने अपने कार्यालय पर उपस्थित रहेंगे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत करने के निर्देश दिये गये हैं

यह पुरस्कार बुनियादी ढांचा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है इससे पहले यह पुरस्कार मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध ई श्रीघरन और एल एंड टी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक एस एन सुब्रमण्यम को मिल चुका है श्री केशव ने बताया कि लखनऊ मेट्रो ने देश में मेट्रो परियोजनाओं को लेकर सबसे तेज गति से कार्य करने का रुतबा हासिल किया है प्रदेश भर में करवा चौथ का त्योहार श्रद्धा भक्ति के साथ आज मनाया जा रहा है

कल करवा चौथ की तैयारियों को लेकर महिलाओं में विशे उत्साह देखा गया